केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदूषण से निपटने के लिए एकजुट प्रयास करने का किया आह्वान

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की घोषणा कर दी है राज्य निर्वाचन आय्क्त मनोज कुमार ने कल लखनऊ में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चार चरणों में पन्द्रह उन्नीस छब्बीस और उन्तीस अप्रैल को कराये जायेंगे

श्री कमार ने बताया चनाव प्रकिया आगामी तीन अप्रैल को पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने के साथ शुरू हो जायेगी उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए उम्मीदवार नामांकन पत्र तीन और चार अप्रैल को दाखिल कर सकेंगे इन नामांकन पत्रों की जांच पांच और छह अप्रैल को की जायेगी जबकि सात अप्रैल को नामांकन पत्र वापस लिये जा सकेंगे पहले चरण के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन सात अप्रैल को किया जायेगा दूसरे चरण के लिए नामांकन सात और आठ अप्रैल को भरे जायेंगे पर्चो की जांच नौ और दस अप्रैल को होगी नाम वापसी ग्यारह अप्रैल को होगी और उसी दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जायेगा तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया तेरह और पन्द्रह अप्रैल को होगी पर्चो की जांच सोलह और सत्रह अप्रैल को की जायेगी और उम्मीदवार अट्ठारह अप्रैल को अपना नाम वापस ले सकेंगे तीसरे चरण में उम्मीदवारों को अट्ठारह अप्रैल को चुनाव निशान आवंटित किया जायेगा चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र सत्रह और अट्ठारह अप्रैल को भरे जायेंगे जिनकी जांच उन्नीस और बीस अप्रैल को होगी जबकि नाम वापसी के लिए इक्कीस अप्रैल की तारीख तय की गयी है और उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव निशान दिया जायेगा

एमएसयादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए और आगामी दिनों में होली और अन्य त्योहारों तथा पंचायत च्नावों के मददेनजर कोविड से बचाव के लिये अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोविड नाइन्टीन के प्रति पूरी सतर्कता बरती जाये उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिये लोगों को लगातार जागरूक किया जाये मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में समी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश देते हये कहा कि इन अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में चिकित्साकर्मी दवायें मेडिकल उपकरण सहित ऑक्सीजन का पर्याप्त प्रबंध किया जाये मुख्यमंत्री ने बस अड्डों रेलये स्टेशन और हवाई अड्डों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण वाले मरीजों को क्वारंटीन करते हुये उनके इलाज का समुचित प्रबंध किया जाये श्री योगी ने जनपद स्तर पर इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कट्रोल सेंटर को क्रियाशील रखने के निर्देश भी दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन सुबह कोविड चिकित्सालय में और शाम को इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर में बैठक करें

वायु प्रदृषण कम करने के लिए देश के एक सौ बत्तीस चयनित शहरों के लिए कार्य योजना पर अमल करने के लिए कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह पचहत्तरवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा अकाशवाणी समाचार वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर भी प्रसारित किया जाएगा इस कार्यक्रम का आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा

पांच हज़ार आठ सौ चौबीस कोरोना के सक्रिय मामलों में से तीन हज़ार तीन सौ अटठासी लोग होम आइसोलेशन में हैं जबकि अन्य मरीज़ निजी और सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं यह जानकारी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को दी

उन्होंने बताया कि अब तक पांच लाख छियान्नबे हजार छह सौ अट्ठान्नबे लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं श्री प्रसाद ने बताया कि कल एक दिन में कुल एक लाख चौवालीस हज़ार आठ सौ उन्तालीस नमूनों की जांच की गयी अब तक तीन करोड़ बयालीस लाख साठ हजार पांच सौ चौरासी सैम्यल्स की जांच की जा चुकी है उन्होंने बताया कि पहली अप्रैल से पैतालीस से साठ वर्ष की आयू के सभी नागरिक कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र होंगे और यह सुविधा शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू होगी

सरकार के सप्ट निर्देश है कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा और सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ सिद्वार्थनगर ज़िले में कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत चौतीस जोड़ों की शादियां सम्पन्न कराई गई योजना के तहत पैतीस पैतीस हजार रूपये कन्या के खाते में हस्तांतरित किये गये इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिकापाल समेत जिले के कई अधिकारीगण मौजूद थे कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सांसद श्री पाल ने कहा कि दो हजार सत्रह में भाजपा सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा यह अनूठी पहल की गई जिसके तहत समाज के गरीब और वंचित तबकों की कन्याओं की शादी कराने में काफी सुविधा हुई उधर बलरामपुर जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कल दो सौ नब्बे जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ जिले के सभी विकास खण्डों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था